हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में टिड्डी दल की सभावना के मद्देनज़र अलर्ट जारी किया गया है करोना वायरस के आठ लोगों में से पांच की रिपोर्ट नेगैटिव पाई गई तीन की रिपोर्ट आना अभी बाकी है

आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हये उन्होंने ज़ोर दिया कि देश बेहतर निर्णय और निर्णायक क्षमता के साथ तीव्र विकास का हकदार है उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार के काम और गति को देखा है और इसलिए च्नावों में उन्हें बड़ी जीत मिली

श्री मोदी ने कहा कि अगर सरकार ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम न किया होता तो राम जन्म भूमि मामले का समाधान नहीं हो पाता प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को उनकी ख्शहाल के लिए मिल कर काम करना चाहिए

उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेन के लिए कई कदम उठाये है

श्री मोदी ने कहा कि मुद्रायोजना के तहत न केवल करोड़ो लोग उद्यमी बने है बल्कि उन्होंने लोगों को भी रोजगार दिया है

उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था और यहां उपलब्ध अवसरों में विश्वास दिखा रहे है उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को आर्थिक म्द्दों पर विस्तृत चर्चा करने की अपील की ताकि भारत मौजूदा वैश्विक स्थिति से लाभ ले सके प्रधानमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष डर पैदा कर रहा है और देश को ग्मराह कर रहा है उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले के साथ मंच सांझा करने के लिए भी विपक्षी नेताओं की आलोचना की औ कहा कि देश उन्हें करीब से देख रहा है श्री मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भारतीय नागरिक या अल्पसंख्यकों के हितों को न्कसान नहीं पहंचाता

हरियाणा क कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि राजस्थान और पंजाब के बाद प्रदेश में टिड़डी दल में टिड़डी दल के आगमन के संभावना के चलते अलर्ट जारी किया गया है और टिड्डी दल पर नियंत्रण एवं सूचना के लिये निगारनी टीमें गठित की गई है कृषि मंत्री ने कहा कि राज्स्थान व पंजाब के लगते जिलों सिरसा फतेहाबद हिसार के अलावा भिवानी महेन्द्रगढ़ रिवाड़ी व चरखी दादरी जिलों व आसपास के इलाकों में भी संभावित हमले से निपटने की तैयारी की जा रही है

इन पांचों व्यक्तियों में करोना वायरस नहीं पाया गया है तीन व्यक्तियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है

उधर रोहतक से हमारे संवाददता के अन्सार पीजीआई रोहतक में भी करोना वायरस के एक संदिग्ध मरीज़ को भर्ती किया गया है इस मरीज़ के नमूने जांच हेत् भैजे गये है

हमारी संवाददाता ने बताया है कि न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत में स्नवाई के दौरान चार आरोपी हाजिर हये इन चारों पर अगली स्नवाई में आरोप तय किये जायेंगे

लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में केन्द्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि अधिकतर सौर ऊर्जा परियोजनायें निजी पूंजी निवेश से लगाई गई है

इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में शिक्षा का स्तर दिन व दिन गिर रहा है सरकार ने शिक्षा के लिए च्नाव के दौरान किये गये वादों का पूरा नहीं किया